मनरेगा पुरस्कार केन्द्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को सात पुरस्कारों से सम्मानित करेगी इनमें तीन जिलों और विकासखंडों को दिए जाने वाले एक एक तथा ग्राम पंचायतों के लिए दो पुरस्कार शामिल हैं यह पुरस्कार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आगामी उन्नीस दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान करेंगे आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश को मनरेगा के तहत इनीशिएटिव्ह के क्रियान्वयन में देशभर में दूसरा स्थान मिला है साथ ही कार्यपूर्णता और सुशासन में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जिला प्रशासन द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुंगेली का चयन किया गया है जबकि इनीशिएटिव्ह के तहत जीआईएस संपत्ति पर्यवेक्षण क्रियान्वयन में जांजगीर चांपा जिले का पामगढ़ विकासखंड देशभर में दूसरे स्थान पर है वहीं हार्वेस्टिंग के लिए कोरिया जिले के पोड़ी ग्राम पंचायत को दूसरा और मनरेगा कार्यो के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता के लिए बालोद जिले के धोतीमटोला को तीसरा स्थान मिला है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार अच्छा कार्यो के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं उधर छत्तीसगढ़ ने नीति और बुनियादी ढांचे की तत्परता तथा मिशन मोड परियोजना के प्रदर्शन के मामले में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र हरियाणा आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश को शीर्ष पांच राज्यों में शामिल किया गया है भाजपा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया इस संकल्प पत्र में संपत्ति कर को माफ करने आवासहीनों को मकान हर घर में नल विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की मुफ्त व्यवस्था के साथ महिला कमांडों की स्थापना की घोषणा की गई है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने यह संकल्प पत्र जारी किया इस संकल्प पत्र में छत्तीस बिंदु हैं इसमें एक दिन डीजल पेट्रोल से मुक्त रहने की कवायद समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया है संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक परिसरों मुक्तांगन ऑडिटोरियम का निर्माण कर राज्य की लोक कला गायन नृत्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा गढ़कलेवा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के लिए नए केन्द्र स्थापित करने की बात कहीं गई है संकल्प पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि भाजपा जीतती है तो उस नगरीय निकाय के मतदाताओं को राम जन्म भूमि स्थल का भ्रमण कराएगी मुख्यमंत्री रोड शो प्रदेश में इक्कीस दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ गई है प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दूर्ग में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया इस दौरान मुख्यमंत्री खुली जीप में शहर के विभिन्न मार्गो से गुजरते हुए प्रचार प्रसार किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है आगे भी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी नगरीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव खर्च प्रस्तुत नहीं करने वाले चार सौ उनसठ प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है सबसे अधिक बिलासपुर जिले में एक सौ नौ प्रत्याशियों को नोटिस दिया गया है वहीं रायपुर जिले में इंक्यानवे उम्मीदवारों को नोटिस भेजा गया है राज्य के बलरामपुर सरगुजा सुकमा महासमुंद और बेमेतरा ऐसे जिले हैं जहां के सभी प्रत्याशियों ने अपना व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया है राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि राज्य के एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों के दो हजार आठ सौ चालीस वार्डों में दस हजार एक सौ बासठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इनमें से नौ हजार छह सौ चौरानवे उम्मीदवारों ने अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया है हाईकोर्ट महापौर चुनाव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महापौर का चुनाव सीधे कराए जाने के बजाए निर्वाचित पार्षदों से कराए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिसूचना के बजाए कानून को चुनौती दिया जाना चाहिए मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को नहीं कानून को चुनौती दें इस मामले पर अगली सुनवाई अगले माह जनवरी में होगी

राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में धान को बारिश से बचाने के लिए ताल पतरी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आज रायपुर में बताया कि राज्य में अब तक लगभग चौदह लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है उन्होंने बताया कि धान खरीदी के साथ साथ पंजीकृत मिलरों द्वारा लगातार धान का उठाव किया जा रहा है और नान में चावल भी जमा किया जा रहा है श्री सिंह ने बताया कि शासन द्वारा पंजीकृत किसानों का धान निर्धारित पात्रता के अनुसार खरीदी की समुचित व्यवस्था की गई है ब्रावो पाटन वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान ड्वेन ब्रावो ने आज पाटन ब्लॉक के ग्राम पाहंदा में गांव की महिलाओं से मुलाकात की और महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता अभियान को लेकर चर्चा की इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य और आजीविका को लेकर महिला समूहों से जानकारी ली गौरतलब है कि ड्वेन ब्रावो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और आजीविका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व के अनेक देशों की ग्रामीण और वनांचल में रहने वाली महिलाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं लोक नृत्य महोत्सव राज्य स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में कोंडागांव जिले के चिखलीडीह के सोमनाथ दुग्गा और साथियों के दल ने प्रथम स्थान हासिल किया है बस्तर जिले के बड़े किलेपार के गणेश मंडावी के नर्तक दल को दूसरा और दंतेवाड़ा जिले के कोयाराम के नर्तक दल को तीसरा स्थान मिला है महोत्सव में कबीरधाम जिले के रामपुर ठाठापुर के जय बूढ़ादेव मितानी कर्मा दल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया डीजीपी नोटिस पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज बेमेतरा जिले के बेरला थाना का औचक निरीक्षण किया इस दौरान श्री अवस्थी ने अव्यवस्था मिलने पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकूर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस एसडीओपी ममता देवांगन और थाना प्रभारी विपिन रंगारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है विजय दिवस राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है यह दिवस वर्ष उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है आज उन शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं

वे लगभग साठ वर्ष के थे उनका अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम महासमुद जिले के ग्राम कोमा में आज किया गया श्री कौशिक के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दुख व्यक्त किया है उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री कौशिक ने हमेशा पत्रकारिता के उच्च मापदंड को बनाए रखा

मौसम मौसम में आए अचानक बदलाव से आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है

इनमें भिलाई की दो छात्रा तनुजा वर्मा और शिखा तिवारी भी शामिल हैं